इससे पहले महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों से कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतने की अपील की है

आज जयपुर में आधुनिक मिडी बसों के वर्चुअल लोकार्पण और जेसीटीएसएल के बगराना डिपो के उद्घाटन मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार घाटे से ऊपर उठकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधनों की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है

जलदाय मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने राज्य विधानसभा में पेयजल योजना की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य की पेयजल परियोजनाओं को लेकर सभी दलों से एकजुटता दिखाने की अपील की है